प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी आरोग्य योजना है प्रधानमंत्री ने इस योजना को गरीबों की याजना बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है उन्होंने कहा कि यह योजना देश के एक सौ तोस करोड़ देशवासियों के संकल्प का प्रतीक है उन्होंने कहा कि गरीबों के लिये मुश्किल समय में अस्पतालों के दरवाजे खुले रहने चाहिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दो दिन का यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य मं आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये मूल्य का मुफ्त इलाज हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक स्मृति डाक टिकट के विमोचन के साथ साथ आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चलेंज नाम के नये मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया इसके तहत दस करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक पचहत्तर सौ करोड़ रूपये से छियालीस लाख उपचार दिए गए दस करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कार्ड जारी किए गए हैं

भारत ने कहा है कि दशकों से स्पष्ट है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसर पक्ष की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है और दोनों देश आपसी बातचीत से इस मसले पर बात कर सकते हैं अमरीका में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्री जयशंकर ने यह जानकारी दी

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रालय से कहा है कि वह एक छोटे से छोटे सैनिक की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखे आज नइ दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा लेखा विभाग देश के रक्षा बजट के खर्च पर बारीकी से नजर रखता है

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है उन्होंने कहा कि लोग रक्तदान करके दूसरों की जीवन रक्षा में भरपूर योगदान कर सकते हैं श्रीमती पटेल आज लखनऊ में राजभवन में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर के आयोजन अवसर पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि हमें निःस्वार्थ भाव से बिना किसी प्रत्याशा के रक्तदान करना चाहिये उन्होंने कहा कि मरते हुए किसी व्यक्ति को जीवन देना अत्यन्त महान कार्य है जिसे रक्तदान के द्वारा किया जा सकता है उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ्य व्यक्ति के रक्तदान करने से उसे किसी तरह की हानि नहीं होती राज्यपाल ने सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों में रक्तदान करने वालों की सूची बनाने के लिये कहा जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति से तत्काल सम्पर्क किया जा सके उन्होंने दुलभ ब्लड ग्रुप वालों की अलग से सूची बनाने के लिये कहा इस अवसर पर केजोएमयू के कुलपति प्रोफेसर एम एलबी भट्ट ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग सत्तर हजार यूनिट रक्त मरीजों को उपलब्ध कराता है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

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रदश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में इस अवसर पर मोहन से महात्मा तक नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है प्रदेश के विभिन्न भागों में महात्मा गांधी के जीवन और मूल्यों पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में बापू को जाने कार्यक्रम चल रहा है जिसमें एक सौ पचास स्कूल भाग ले रहे हैं इस अवसर पर लखनऊ में कल प्रदेश विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित किये गये सत्रह सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने पर विशेष परिचर्चा आयोजित की जायेगी इस परिचर्चा में सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकेंगे चर्चा के दौरान मंत्रियों और सदस्यों के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है विशेष सत्र में उन सदस्यों को लाभ मिलेगा जिन्हें कभी भी अपने क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों को रखने का अवसर नहीं मिल पाता है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल की पहल पर लखनऊ में दस लाख से अधिक विधार्थियों ने महात्मा गांधी से जुड़े साहित्य को पढ़कर विश्व रिकार्ड बनाया है

एक रिपोर्ट प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की प्ररेणा से शुरू हुए पढ़े लखनऊ बढ़े लखनऊ अभियान के तहत आज लखनऊ के विभिन्न स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के दस लाख से अधिक बच्चों ने विश्व रिकार्ड कायम करने के लिए एक साथ किताबें पढ़ी कक्षा छह से ऊपर के छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की अगुवाई में यह आयोजन किया गया

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कल एक दिवसीय लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे श्री सिंह यहां गांधी जयन्ती के अवसर पर गांधी प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित कर गांधी संकल्प यात्रा का शुभारम्भ करेंगे आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं से कहा है कि वे चुनाव के दौरान खबरें निष्पक्ष रूप से दें वे आज महाराष्ट्र के पुणे में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए चुनाव कवरेज पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थीं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने जिला पुलिस प्रमुखों को राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों सहित अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गये पत्र में अवगत कराया गया है कि राज्य में पिछले वर्षो में विभिन्न जनपदों में बांग्लादेशी मूल के नागरिकों के अवैध रूप से रहने और उनमें से कुछ के भूमिगत होने की जानकारी सामने आई है ऐसे में वर्तमान परिदृश्य और आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये सभी जनपदों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करने तथा उनका सत्यापन करने के लिये विधि समस्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है पुलिस महानिदेशक ने बस स्टैंड रेलवे और रोड किनारे बाहरी क्षेत्रों में बसावटों और आसपास की बस्तियों का चिन्हांकन करके पूर्ण सतर्कता और वीडियोग्राफी के साथ नियमानुसार सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यदि कोई अपना पता अन्य राज्यों और जनपदों में बताता है तो संबंधित राज्य और जनपद से उसका सत्यापन करा लिया जाये प्रदेश में ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उप चूनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब एक सौ पन्द्रह प्रत्याशी मैदान में रह गये हैं चालीस प्रत्याशियों के पर्चे जांच में सही नहीं पाये गये कुल एक सौ पचपन प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किये थे सबसे ज्यादा ग्यारह पर्चे कानपुर की गोविन्दनगर सीट पर निरस्त किये गये तीन अक्टूबर को पर्चे वापस लेने का आखिरी दिन है मतदान इक्कीस अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती चौबीस अक्टूबर को की जायेगी प्रदेश की गंगोह रामपुर इगलास लखनऊ केन्टोमेंट गोविन्दनगर मानिकपुर प्रतापगढ़ जैदपुर जलालपुर बलहा और घोसो सीटों के लिये उप चुनाव कराये जायेंगे रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणालियों में नवाचार और नए सुझावों को बढ़ावा देने के लिए दो प्रतियोगिताओं की घोषणा की है चुने गए प्रतिभागियों को विशिष्ट चयनकर्ताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा प्रतिभागी व्यक्ति समूह उद्यमी कंपनियां स्टार्टअप और इस तरह की अन्य संस्थाएं भूगतान और निपटान प्रणाली नवाचार प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं जबकि स्नातक या उससे आगे पढ़ने वाले छात्र भुगतान और निपटान प्रणाली नवाचार विचार प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं